कांग्रेस डीएमके तुणमूलकांग्रेस बीजू जनता दल तेलगू देशम वाईएसआर कांग्रेस जनता दल यूनाइटेड और शिवसेना सहित सभी प्रमुख दलों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के उस प्रस्ताव का समर्थन किया जिसमें ओम बिड़ला का नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया गया था

प्रधानमंत्री ने कहा कि बिड़ला जिस कोटा निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं उसे लघु भारत और शिक्षा का केंद्र माना जाता है ओम बिडला जी वो शख्सियतहैं जो जनप्रतिनिधि के नाते राजनीति से जुडना बडा स्वाभाविक है लेकिन उनकी पूरी कार्यशैलीसमाज सेवा के लिए रही समाज जीवन की कहीं पर भी पीड़ा अगर उनको नजर आई तो पहले पहंचनेवाले व्यक्तियों में से रहे अपने संबोधन में नवनिर्वाचित अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सभी सदस्यों का धन्यवाद करते हुए कहा कि अध्यक्ष का पद निष्पक्ष होना चाहिए

बिड़लाने कहा कि एनडीए सरकार को मिले भारी जनसमर्थन को देखते हुए उन्हें उम्मीद है कि सरकार पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगी जिस तरीके का विश्वासभरोसा देश की जनता ने सरकार पर व्यक्त किया है मैं निश्चित मानता हूं सरकार की जवाबदेहीज्यादा बनती है मेरी सरकार से भी अपेक्षा रहेगी कि वह अधिक जवाबदेही से अधिक पारदर्शितासे इस देश के अंदर काम करे ताकि हम देश के अंदर मिसाल कायम कर सके

कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में नए अध्यक्ष को अपनी पार्टी के पूरे समर्थन की बात कही आपके माध्यम से मैं यहविश्वास दिलाता हूं कि हमारी पार्टी की नियत बडी साफ है हम डिबेट और डिसीजन में यकीनरखते हैं लेकिन पार्लियामेंट की सही तरीके से इसकी गरिमा की रक्षा करना आपकी जिम्मेवारीहोता है क्योंकि यू आर दा प्रिजाडिंग ऑफिसर दिस हाउस बाद में प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों का सदन से परिचय करवाया बीजू जनता दल के अनुभव मोहंती और जनता दल युनाइटेड के संतोष कुमार ने सदन के सदस्य के रूप में आज शपथ ली प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर संसद में प्रतिनिधित्व रखने वाले सभी राजनीतिक दलों के प्रमुखों के साथ आज नई दिल्ली में बैठक करेंगे

देशभर के योग संस्थान शुक्रवार इक्कीस जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन की तैयारियों में जूटे हैं नई दिल्ली में मोरारजी देसाई योग संस्थान के निदेशक डॉ वासव रेड्डी ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि संस्थान रांची सहित देश के विभिन्न भागों में सामूहिक योग कार्यक्रम संचालित करेगा

एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता से प्रदेष भर में आजकल बड़ी संख्या में लोगों की सुबह योग मुद्राओ और विभिन्न असानों के अभ्यास के साथ पुरू हो रही है समाज के हर तबके के लोग पुलिसकर्मी डॉक्टर पिक्षक सरकारी कर्मचारी और युवा षामिल हैं विभिन्न पार्कों और स्कलों के कैम्पस में आयोजित किए जा रहे योग प्रषिक्षण विविरों में अभ्यास करते नजर आ रहे हैं ताकि वो षुक्रवार को होने वाले पांचवे अंतरश्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकें प्रदेष भर में योग पखवारा मनाया जा रहा है जो पन्द्रह जून से ष्रू हुआ था और इस महीने की तीस तारीख तक चलेगा राज्य सरकार पहले ही योग पर आधारित एक ऐप जारी कर चुकी है जिसका नाम है योग प्रदेष उत्तर प्रदेष और इससे सरकार की ओर से योग को प्रोत्साहित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की पूरी जानकारी मिल सकेगी सुषील चन्द्र तिवारी आकाषवाणी समाचार लखनऊ

मरने वालों में अधिकतर लोग बहजोई क्षेत्र के निवासी हैं